यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के लाल परैड मैदान में असंगठित श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के लाभ वितरण कार्यक्रम में की

इसके अलावा हर साल एक लाख युवाओं को स्वरोजगार के लिये लोन दिये जायेंगे जिसकी गारंटी राज्य सरकार लेगी साथ ही महिलाओं के स्व सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सश्क्त बनाने के लिये प्रयास किये जा रहे है गौरतलब है कि आज पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को हितलाभ वितरित किये जाने के लिये प्रदेशभर में कार्यक्रम आयोजित किये गये

दमोह में वित्त मंत्री जयंत मलैया ने पंजीकृत श्रमिकों को पंजीयन कार्ड के साथ ही दूसरी योजनाओं के हितलाभ भी वितरित किये अशोकनगर में भी मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा टिमरनी में दिये गये संबोधन का सीधा प्रसारण ग्रामीणों ने सुना

सीहोरसतना गुना हरदा आगरमालवा डिंडौरी रायसेन समेत सभी जिलों में हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किये गये अराक्षण केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने आज कहा कि कानून के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नाति में आरक्षण तब तक लागू रहेगा जब तक उच्चतम न्यायालय का अंतिम फैसला नहीं आ जाता नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री पासवान ने स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्य सरकारो दोनों के लिए आदेश की शब्दावली को लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए श्री पासवान ने कहा कि सरकार इस बारे में एक अध्यादेश के साथ तैयार है और जब कभी इसकी आवश्यकता होगी बिना किसी देरी के इसे जारी किया जाएगा मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के लिए लोगों से अपने विचार उनके साथ साझा करने को कहा है

लोग अपने विचार नरेन्द्र मोदी मोबाइल एप पर साझा कर सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा है कि मन की बात के बारे में मिलने वाले विभिन्न विचारों सुझावों तथा जानकारी से कार्यक्रम की अवधारणा को मजबूती मिली है

अटल स्वास्थ्य पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में उन्हें अस्पताल से छट्टी दे दी जाएगी

वरिष्ठ डाक्टरों की देखरेख में उनका उपचार शुरू किया गया उन्हें स्लो डायलिसिस दिया गया

उनकी सभी जांच रिपोर्ट्स सामान्य हैं पूर्व प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य में लगातार सुधार को देखते हुए अगले कुछ दिनों में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी

मिनी स्मार्ट सिटी में शहरी पर्यावरण अधोसंरचना शहरी स्वच्छता एवं आजीविका संसाधनों के विकास की कार्य योजना बनाने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टरों को दी गई है

ये जानकारी नगरीय विकास और आवास मंत्री माया सिंह ने आज भोपाल में दी

श्री कमलनाथ ने आज भोपाल में कहा कि कर्ज को लेकर प्रदेश की स्थिति दिनोदिन भयावह होती जा रही है सरकार का पूरा खजाना खाली पड़ा है अगली सरकार के लिये खजाने में कुछ नहीं है उन्होंने दावा किया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के शुरुआती महीनों में ही तीन हजार करोड रुपयों का कर्ज ले चुकी सरकार ने फिर एक हजार करोड रुपये का कर्ज लिया है च्नाव जीतने के लिए सरकार घोषणाएं कर रही है और उसके नाम पर ऋण ले रही है हर व्यक्ति पर औसतन कर्ज की राशि बढती जा रही है इसलिए सरकार को इस स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए स्वास्थ्य सम्मेलन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कल सभी प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है इस सम्मेलन में प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रुस्तम सिंह भी भाग लेंगे आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन में होने वाले सम्मेलन में केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड़डा राज्य मंत्री अश्विनी क्मार चौबे और अनुप्रिया पटेल भी उपस्थित रहेंगे सम्मेलन में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ गरीबों जरूरतमंद और कमजोर वर्गों के लोगों को बीमा सुरक्षा कवर दिलाने के लिये एमओयू भी हस्ताक्षरित होंगे

भय्य महाराज को श्रद्वांजलि देने और उनके अंतिम दर्शन के लिए केंद्रीय मेंत्री रामदास अठावले महाराष्ट्र की कैबिनेट मंत्री पंकजों मुंडे और कांग्रेस नेता शोभा ओझा समेत इंदौर के कई स्थानीय नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे इस अवसर पर मध्यप्रदेश महाराष्ट्र और ग्जरात समेत कई अन्य राज्यों से भय्य महाराज के अनुयायी हजारों की संख्या में यहां मौजूद रहे इसके पहले भय्यू महाराज के आश्रम सूर्योदय से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई भय्यू महाराज ने कल अपने घर में अपनी रिवाल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी उनके कमरे से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था जिसके मुताबिक वे पारिवारिक कलह से तनाव में थे

शिविर वाल्मी परिसर कलियासोत डेम कोलार रोड़ भोपाल में लगाया जायेगा